वाम दलों को उनतीस सीटें दी गयी

कहा महागठबंधन से अलग होने पर कल होगा फैसला एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी

और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत से अधिक हुई

महागठबंधन के घटक दलों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है आज पटना में घटक दलों की संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीटों की घोषणा की सीपीएम को चार सीटें सीपीआई को छह सीटें भाकपा माले को उन्नीस सीटें और कांग्रेस को सत्तर सीटें मिली हैं वहीं राजद के खाते में एक सौ चौवालीस सीटें आयी है राजद अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी और झारंखड मुक्ति मोर्चा को सीटें आवंटित करेगा राजद नेता ने बताया कि वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी

संवाददाताओं द्वारा बार बार इस संबंध में पूछे जाने पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कोई जवाब नहीं दिया एनडीए में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श जारी है वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे के समाधान के लिए एक समन्वय समिति बनाई है इस बीच लोकजनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी पार्टी को अपनी मांग के अनुसार सीटें दिए जाने पर अडिग हैं लोजपा की आज होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक टाल दी गयी है सूत्रों ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत अधिक खराब होने के कारण बैठक आज नहीं हो सकी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गये हैं वे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ किये गये समझौते को लेकर नाराज चल रहे थे बसपा प्रदेश अध्यक्ष को राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रगतिशील मगही समाज की प्रत्याशी अर्चना देवी ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण कुमार झा ने नामांकन पत्र भरा है दरभंगा विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आज कांग्रेस के मदन मोहन झा और सीपीआई से डॉक्टर अरूण कुमार समेत छह प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के देवेश चन्द्र ठाकुर ने नामांकन पर्चा दाखिल किया इस सीट से तीन निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र भरा है वहीं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चार निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है विधानसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी या गैर सरकारी कर्मी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को तीस लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जायेगी पहले यह राशि पच्चीस लाख रूपये थी यह अनुग्रह राशि कोरोना के कारण भी ड्यूटी के समय मौत होने पर दी जायेगी राज्य सरकार ने हिंसा उग्रवादी और असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई समेत ऐसी किसी भी घटना में अपंग होने पर भी मुआवजा दिये जाने की घोषणा की है वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुद्रढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में आज अटल सुरंग का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि सड़कों पुलों इमारतों और सुरंगों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि विकास का लाभ आम लोगों के साथ साथ सैन्य बलों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे है

सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना और उनकी रक्षा से जुड़े साजों सामान हो वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है देश की रक्षा जरूरतों देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए देशवासियों की सुरक्षा से बढकर और कुछ नहीं है उन्होंने कहा कि आध्रनिक किस्म के कई हथियारों का स्वदेश में ही उत्पादन करने के लिए कानूनों में संशोधन किए गए हैं श्री मोदी ने कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद हमारी सैन्य व्यवस्था का हिस्सा बन गया है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश की सैन्य बलों की आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा सामग्री की खरीद और उत्पादन के बीच बेहतर तालमेल किया जा रहा है

जैसे जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है हमें उसी तेजी से उसी रफ्तार से अपने इफ्रास्ट्रक्चर को अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थय को भी बढ़ाना है आत्मनिर्मर भारत का आत्मविश्वास आज जन मानस की सोच का हिस्सा बन चुका है अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है केंद्र सरकार ने कहा है कि दो करोड़ रूपये तक ऋण लेने वाले व्यक्तियों और छोटे तथा लघु उद्योगों से छह महीने के लिए कर्ज के ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जायेगा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में यह जानकारी दी गयी है गौरतलब है कि सरकार ने कोविड महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले लोगों को ऋण चुकाने में छह महीने की स्वैच्छिक छूट देने का प्रावधान किया था प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में एक हजार चार सौ इकतीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख तिहत्तर हजार सात सौ पंचानवे हो गयी है वहीं इसी अवधि में दो लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर नौ सौ बारह हो गया है इधर एक दिन में कोविड उन्नीस के नौ सौ तेरासी नये मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छियासी हजार छह सौ नब्बे हो गयी आज सबसे अधिक पटना से दो सौ सात मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार नौ सौ बयासी है देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग चौरासी प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में इस संक्रमण से पचहत्तर हजार छह सौ से अधिक मरीज स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की संख्या चौवन लाख सत्ताईस हजार सात सौ से अधिक हो गई है इधर पिछले चौबीस घंटे में उनासी हजार चार सौ छिहत्तर लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या चौंसठ लाख तिहत्तर हजार पांच सौ से अधिक हो गई है वहीं इसी अवधि में एक हजार उनहत्तर लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या एक लाख आठ सौ बयालीस हो गयी है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने लोगों को मास्क पहनने में सावधानी बरतने की सलाह दी है

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अध्रा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान कोन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि लौट रहे मॉनसून और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश की स्थितियां बन रही हैं

सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र में वजपात की घटना में एक किशोर की मौत हो गयी जबकि एक अन्य झुलस गया जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना के बटिया घाटी में लूट की योजना बना रहे पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके पास से हथियार के साथ साथ सोना और चांदी भी बरामद किये गये हैं भागलपुर जिले के झंडापुर सहायक थाना क्षेत्र के बिहपुर बस पड़ाव के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी से तीन लाख रुपये लूट लिये अपराधियों की गोलीबारी में व्यवसायी गम्भीर रूप से घायल हो गया कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव में एक महिला से कथित तौर पर दुष्कर्म और उसकी हत्या से आक्रोशित लोग गेराबाड़ी कटिहार मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं अररिया जिले के हरियाबाड़ा टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने एक वाहन से बाईस कार्टन शराब बरामद की है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर महागठबंधन में विधानसभा सीटों का हुआ बंटवारा

वाम दलों को उनतीस सीटें दी गयी

कहा महागठबंधन से अलग होने पर कल होगा फैसला एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी

और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर तिरानवे प्रतिशत से अधिक हुई